राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पंजीयन तिथि को बढ़ाया गया अब किसान सत्रह नवंबर तक करा सकते हैं पंजीयन राज्य सरकार ने पांच आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी सहित सात माओवादियों ने आज किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से इन तहसीलों का श्भारंभ किया मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई तहसीलों के बनने से आम लोगों को राजस्व के कामकाज में सहुलियत होगी ये नई तहसीलें प्रदेश के पन्द्रह जिलों में बनाई गई हैं शुभारंभ समारोह में श्री बघेल ने नई तहसीलों के कार्यालय भवन निर्माण के लिए उन्नीस करोड़ रूपए से अधिक की राशि के लिए मंजूरी दी वहीं तेईस नई तहसीलों और चार पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक एक वाहन की मंजूरी देने की भी घोषणा की इन नई तहसीलों के गठन की अधिसूचना आज राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये तहसीलें आज से प्रभावशील हो गई हैं शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने यह भी बताया कि दीये पूजन सामग्री सहित अन्य छोटी वस्तुएं बेचने वाले पारंपरिक और छोटे व्यवसायियों को राहत देने के लिए सरकार ने इनसे बाजार शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है धान खरीदी पंजीयन राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पंजीयन तिथि एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी है किसान अब सत्रह नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है इससे पहले धान खरीदी पंजीयन के लिए अंतिम तिथि दस नवंबर निर्धारित की गई थी इस पर सांसद छाया वर्मा और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया सहित कई अन्य जनप्रतिनिधयों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग की थी इन जनप्रतिनिधियों ने पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया था इसके बाद ही सरकार की ओर से पंजीयन तिथि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है कैबिनेट दर्जा राज्य सरकार ने पांच आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है मंत्रालय से जारी एक आदेश के अनुसार राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदरदास राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह छाबड़ा और राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष थानेश्वर साह के साथ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरफ्रीत सिंह बाबरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए दिया गया है उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग की होगी सीएमओ नोटिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के मामले में नगरीय और प्रशासन विमाग ने अंबिकापुर और रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त सहित उन्नीस नगर पालिका तथा पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है विभाग के संचालक अलरमेल मंगई डी ने सभी अधिकारियों को नोटिस का जवाब सात दिनों के भीतर देने को कहा है समय सीमा में जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सिंहदेव अकबर चौबे लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार के प्रमुख लक्ष्य में शामिल हैं श्री सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र में करीब संतावन करोड़ रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस मौके पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर सैगोना और कुरूद के बीच बरसाती नाले में बड़ा पुल बनाए जाने का आश्वासन भी दिया इस बीच पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को भरोसा दिलाया है कि उनसे संबंधित सभी मांगों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा यह बात श्री अकबर ने कल कवर्धा में जिला प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर कही कोरोना समाचार जागरूकता बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कुछ कमी दर्ज की गई है लेकिन संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी को चिंताजनक बताया जा रहा है चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना के लक्षण दिखने के बाद तत्काल जांच नहीं कराने और उपचार मिलने में देरी होने की वजह से कई मरीजों की मौत हो रही है दुर्ग जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से पीड़ित चालीस वर्षीय एक मरीज ने लक्षण दिखने के बावजूद कोरोना जांच में करीब छह दिनों की देरी की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई चिकित्सकों ने कहा कि अगर लक्षण दिखते ही यह मरीज जांच करा लेता और उपचार शुरू हो जाता तो इसकी जान बचाई जा सकती थी इस बीच दुर्ग जिला पंचायत के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आज कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने और जागरूकता की शपथ दिलाई गई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस आलोक ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है उन्होंने कहा कि अपने साथ साथ परिचितों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन करने के लिए जागरूक करें इस बीच कांकेर जिले में कोविड नाइंटीन के नोडल अधिकारी डॉक्टर डीके रामटेके ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में मिली जीत पर खुशी जताई उन्होंने डॉक्टर ध्रुव और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल को शुभकामनाएं दीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उद्योग मंत्री कवासी लखमा और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे नगर निगम महापौर निर्णय राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के नगर निगमों की महापौर परिषद को निर्माण कार्यो में स्थल परिवर्तन और बचत राशि व्यय करने का अधिकार दे दिया है राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आज रायपुर में नगर निगमों के महापौर तथा आयुक्तों की बैठक में इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि महापौर परिषद को अब निर्माण कार्यों में स्थल परिवर्तन के साथ ही निविदा में कम टेंडर दर प्राप्त होने पर बचत राशि को व्यय करने का अधिकार होगा माओवादी समर्पण दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों की घर वापसी के लिए चलाए जा रहे लोन वर्राट् अभियान से प्रभावित होकर आज सात माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है इनमें एक इनामी माओवादी भी शामिल है इन माओवादियों ने कटेकल्याण क्षेत्र में स्थित टेंटम कैम्प में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते चार महीनों के दौरान लोन वर्राटू अभियान के तहत एक सौ पंचानवे माओवादी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं ऑनलाइन ठगी मामला रायगढ़ पुलिस ने बैंक खातों से ऑनलाइन ठगी के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पिछले महीने आरोपियों ने एक सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक के खाते से फर्जीवाड़ा कर दस लाख रूपए से अधिक की राशि निकाल ली थी मामले की जांच के बाद पुलिस की टीम ने झारखंड जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश जारी है वहीं कोंडागांव जिले में केशकाल पुलिस ने करीब साढ़े तीन किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है अपहरण मामला राजनांदगांव में पिछले महीने एक ढाबा संचालक के पुत्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार किया है इस तरह अब तक इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जबकि पांच अन्य आरोपियों की तलाश जारी है पुलिस के अनुसार सूरत से गिरफ्तार किया गया यह आरोपी वहां हुलिया बदलकर गार्ड की नौकरी कर रहा था राजनांदगांव पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर इस आरोपी को वहां से गिरफ्तार किया है उल्लेखनीय है कि पिछले महीने की दस अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने ढाबा संचालक के पुत्र को अगवा कर उसके परिजनों से पचास लाख रूपए की फिरौती मांगी थी हालांकि बाद में ये लोग ढाबा संचालक के पुत्र को नागपुर बस स्टैंड में छोड़कर फरार हो गए थे वहीं महासमुंद के फिंगेश्वर में अगवा किए गए बच्चे को छह घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से सक्शल छुड़ा लिया है इस मामले में अगवा किए गए बच्चे का मामा ही अपहरणकर्ता निकला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के अनुसार आरोपी ने घुमाने ले जाने के बहाने इस बच्चे को अगवा कर लिया था इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने गरियाबंद और रायपुर साइबर सेल के कर्मियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है धनतेरस धनतेरस के साथ कल से देशभर में पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के पर्व दीपावली की शुरूवात होगी इस पर्व को लेकर इन दिनों राज्य के सभी प्रमुख बाजारों में रौनक है धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है राज्यपाल अनसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि दीपावली पर कुम्हार जैसे हुनरमंद और छोटे व्यवसायियों से दीये तथा अन्य सजावटी सामान खरीदें ताकि उनकी दीपावली भी खुशहाल बनाई जा सके वहीं महासमुंद के जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाएं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि पटाखे रात आठ से दस बजे के बीच ही फोड़े जाएं ट्रेन परिचालन दीपावली और छठ पर्व के मौके पर ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री गाड़ियां और अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था की जा रही है इसी के तहत दुर्ग छपरा और दुर्ग भोपाल स्पेशल ट्रेनों में कल से सत्रह नवंबर तक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे वहीं अमृतसर बिलासपुर पूजा स्पेशल ट्रेन तेरह नवंबर का अमृतसर की बजाय मेरठ स्टेशन से शुरू होगी यह ट्रेन अमृतसर से मेरठ के बीच रद्द रहेगी वहीं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को न केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों पर इस तरह के मामलों की निगरानी भी की जा रही है इसी का नतीजा है कि रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने एक किन्नर के पास से एक बच्चे को बरामद किया है आरोपी किन्नर इस बच्चे को कोरबा से अगवा कर ओड़िशा ले जा रहा था रेलवे द्वारा छठ पूजा के अवसर पर दुर्ग और पटना के बीच दो फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी

इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस मौके पर सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोविड गाईड लाइन का पालन करते हुए संगोष्ठी निबंध लेखन और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया साथ ही शिक्षा विभाग के निर्देश पर वेबीनार और परिचर्चाएं भी हुई इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने श्री आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है रायपुर सिनेमा हॉल राजधानी रायपुर में बीते करीब छह महीनों से बंद मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल कल से खोल दिए जाएंगे रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है हालांकि मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल दर्शकों की आधी क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे कोरोना संक्रमण की वजह से हर सीट के आपपास छह फीट के दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा वहीं हॉल में प्रवेश के समय दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके हाथ भी सैनिटाईज कराए जाएंगे रोजगार कैम्प राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए राजधानी रायपुर में कल और तेरह नवंबर को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में लगने वाले इस कैम्प के माध्यम से निजी कंपनियों में करीब पच्यासी विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मेडिकल कॉलेज रायपुर के चिकित्सकों द्वारा बनाए गए मरीजों और डॉक्टरों के बीच संबंधों पर आधारित म्यूजिकल वीडियो का विमोचन किया राज्यपाल ने कहा कि व्यस्तता के बीच समय निकालकर यह वीडियो बनाना चिकित्सकों की रचनात्मकता को दर्शाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग प्रवास के दौरान पाटन तहसील के अमलेश्वर गांव में पढ़ई तुहंर दुआर योजना के तहत संचालित मोहल्ला क्लास का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई को लेकर चर्चा की और सवाल भी पूछे राज्य सरकार ने रायपुर के संभाग आयुक्त गोविंद राम चुरेन्द्र को बस्तर संभाग आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है इसे देखते हुए वन विभाग ने खड़सा सेनकपाठ और मोहकम सहित कई अन्य गांवों में अलर्ट जारी किया है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बलरामपुर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न वस्तुओं की बिक्री के लिए बिहान मेले का आयोजन किया गया है जिला कलेक्टर श्माम धावड़े ने कहा कि महिलाओं को आजीविका के नये अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मेला लगाया गया है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित चौकीटोला गांव में एक महिला द्वारा की गई दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है